सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

मंत्रालय ने एक बयान में कहा हक डॉक्टर एन के अरोडा की अध्यक्षता में कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की है इस समय कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच छह से आठ सप्ताह का अंतर रखा जाता है

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच अंतराल में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की गई

उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए जांच निगरानी उपचार और उचित व्यवहार आवश्यक है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विस्तार और श्रम शक्ति को मजबूत करना भी कोविड से लड़ाई में अहम् है

चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर सर्वे का काम भी किया जा रहा है बूंदी और सवाईमाधोपुर और झालावाड़ में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल ओपीडी वाहन के माध्यम से रोगियों को दवाईयां और चिकित्सा सेवायें दी जा रही है

इस से लोगों को हल्क लक्षण वाले रोगियों को उचित परामर्श मिल रहा है और जिला स्तर पर अस्पतालों में दबाव भी कम हुआ है टोंक से अक्सफाउण्डेशन और रेड डोनर क्लब की पहल पर युवा जयपुर आकर प्लाजमा भी दान कर रहे हैं

वहीं शहर में सामाजिक सरोकारों के तहत युवाओं ने कोराना मरीजों के इलाज में काम आने वाले एक हजार डेक्सामेथोन इंजेक्शन पीएमओ को सौंपे

अलवर के राजीवगांधी अस्पताल में प्रवासी भारतीयों की ओर से मेडिकल उपकरण भेजे गये हैं लॉकडाउन की प्रभावी पालना के लिए सवाईमाधोपुर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है

सिरोही जिला कलेक्टर ने राजस्थान गुजरात सीमा का दौरा कर राज्य से बाहर से आने वाले लोगों के बारे में जानकारी ली

श्रीगंगानगर में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से मीडिया से जुड़े लोगों के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया

वन विभाग की ओर से बताया गया है कि सभी शेरों बाघों तथा पेंथर के सैंपल आईवीआई बरेली भेजे गये थे जिनमें से एक शेर की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है नाहरगढ जैविक उद्यान पर्यटकों के लिए पिछले महीने से ही बंद है वन विभाग ने बताया गया है कि अन्य जीवों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तथा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी दवाइयां दी जा रही हैं

इस अवसर पर प्रधानमंत्री क्छ लाभार्थियों से बात भी करेंगे

रमजान का पवित्र महिना आखिरी रोजे के साथ आज समाप्त हो जायेगा कोरोना महामारी को देखते हुये ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं होगी झुंझुनू करौली झालावाड और टोंक से भी हमारे संवाददाता ने बताया कि धर्मगुरूओं ने पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक की तथा लोगों से घरों पर ही ईद की नमाज पढ़ने को कहा है

इसे अब्रूझ सावा माना जाता है इस अवसर पर बड़ी सख्या में सामूहिक विवाह सम्मेलन भी होते हैं इस बार लॉकडाउन के कारण इन्हें टाल दिया गया हैं

राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को ईद परश्राम जयन्ती और अक्षय तृतीया की बधाई देते हये सभी से घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर कवि सम्मेलन और मुशायरे का ऑनलाइन आयोजन हो रहा है

हालांकि कल इसका असर कम हो जायेगा